श्रीमती सीतारमण प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित किये गये विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकती है

मुख्यमंत्री अशोक लोकसभा अध्यक्ष और कोटा ब्रंदी सांसद ओम बिडला तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश गहलोत पूनिया ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री की घोषणा का प्रदेश को उद्यमियों ने भी पुरजोर स्वागत किया है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरूण अग्रवाल ने कहा कि यह पैकेज मैक इन इंडिया की दिशा में एक बडा कदम है

प्रदेश में बाहर से विभिन्न लोगों का आना शुरू हो गया है उन्होंने कहा कि अब सरकार का मुख्य फोकस क्वारेन्टीन सुविधाओं को मजबूत करना होगा बाडमेर जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले प्रवासियों को होम क्वारेन्टीन में रखकर उनकी नियमित मोनिटरिंग की जा रही है जिले में अब तक गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से तीस हजार प्रवासी आ चुके है जिनकी जिले की सीमा पर बनी चैकपोस्टों पर स्कीनिंग कर मेडिकल जांच की जा रही है इसके साथ ही आरोग्य सेतू एप के जरिये भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है उधर जिला प्रशासन की ओर से होम क्वारेन्टीन किये गये प्रवासियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना की जा रही है प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढोतरी हो रही है